उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है बैठक में शामिल नेताओं ने देश की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक और अन्य नीतिगत उपायों पर भी बात की साथ ही लॉकडाउन जारी रखने के भी सुझाव दिये बैठक में देश के प्रमुख राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेता के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया कोरोना प्रदेश इंदौर भोपाल उज्जैन और रायसेन में कोरोना संकमितों के नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर सवा तीन सौ से अधिक हो गयी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से राज्य में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया गया है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार रायसेन में कोरोना संकमण का एक मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमले ने निगरानी व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी है जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है वहीं पुलिस गीतों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दे रही है उज्जैन में दो मामले सामने आये हैं

दूसरी ओर इंदौर जिला कलेक्टर ने आज कोरोना संक्रमितों के लिए बनाये गये आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली कोरोना संकमण से छिड़ी जंग में लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने की मुहिम में आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी जुड़ रहे हैं

गुना जिले में संक्रमित से व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा जागरूकता एवं सहायता हेतु कार्य तो निरंतर किये ही जा रहे हैं

रतलाम में बीते दिनो दफनाये गये एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव होने की पूष्टि हो गई है अब मृत व्यक्ति के जनाजे में शामिल सभी लोगों को आईसोलेट किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी

फिलहाल एस्मा सभी स्वास्थ्य सुविधाओं डाक्टर नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों स्वच्छता कार्यकर्ताओं मेडीकल उपकरणों और दवाओं की बिक्री एम्बूलेंस सेवाओं बिजली और पानी की आपूर्ति खाद्य प्रबंधन सुरक्षा सेवाओं और बायो मेडीकल वेस्ट प्रबंधन पर लागू होगा गौरतलब है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा लगाया जाता है ये अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है इसके बावजूद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय माना जाता है

वे आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि केन्द्र ने राज्यों से अस्पताल बनाने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और निगरानी के प्रयास जारी रखने को कहा है

सीएम संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश दिया है कि कोरोना से न डरना है न रूकना है हमें तो बस जीतना है उन्होंने कहा कि राजस्व अमले ने कोरोना से निपटने में जबर्दस्त हौसला दिखाया है वे राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से टेलीफोन के जरिए बातचीत कर रहे थे श्री चौहान ने कोटवार से लेकर राजस्व अनुविभागीय स्तर तक के अधिकारियों से चर्चा की मुख्यमंत्री ने पन्ना की तहसीलदार सुश्री दीपा चतुर्वेदी का हौंसला भी बढ़ाया

यह ऐप दूसरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है हन्मान जयंती आज हनुमान जयंती पर आज प्रदेशभर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किये गये श्रद्दालुओं ने कोरोना संकमण को देखते हुए मंदिरों के बजाय घरों में ही पूजा अर्चना को महत्व दिया अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के शाडौरा में लगने वाला एक सौ दस वर्ष पुराना मेले का आयोजन इस बार नहीं किया गया है

हनुमान जयंती पर कई जिलों में होने वाले चल समारोह शोभायात्रा और भंडारों के आयोजन भी रदद कर दिये गये उमरिया आगरमालवा होशंगाबाद उज्जैन और सिवनी जिलों में लॉकडाउन के कारण श्रद्वालुओं द्वारा घरों में ही पूजा अर्चना करने के समाचार मिले हैं आर्थिक समिति राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के सुझाव देने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया है समिति का समन्वयक अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन को बनाया गया है

इसमें मुस्लिम समुदाय अपने पुरखों की याद में इबादत करते हैं लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घरों में ही इबादत करने की अपील की है मध्यप्रदेश के मुफ्ती ए आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिद न जाने की अपील की है

उनकी पदस्थापना सीहोर जिले में की गई है उनके स्थान पर डाक्टर प्रभाकर तिवारी को भोपाल का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है

वहीं आपदा प्रबंधन एवं होमगार्ड के महानिरीक्षक अविनाश शर्मा को श्री चौधरी की जगह पर भेजा गया है